केन्द्र सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की घटनाओं को रोकने के लिये मंत्रियों का समूह गठित किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज सीकर में करेंगे जनसभा रणथम्भौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में बाघो के कुनबे में दो शावक और जुड़े वन विभाग ने शुरू की विशेष गश्त

जस्टिस मदन बी लोकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की बैंच ने ये फैसला देते हुए कहा कि स्वच्छ ईंधन समय की जरूरत है

केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी निर्मला सीतारामन और महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को मंत्रिसमूह का सदस्य बनाया गया है मंत्रिसमूह तीन महीने के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के मौजूदा प्रावधानों की जांच करेगा और आगे के उपाय सुझाएगा गौरतलब है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चले मी ट् अभियान के तहत कई महिलाओं ने प्रतिष्ठित और अन्य लोगों पर यौन शोषण के आरोप लगाये थे इसी के मददेनजर केन्द्र ने ये कदम उठाया हैं

सूचना टेक्नॉलोजी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के पेशेवरों तथा औद्योगिक प्रमुखों के साथ कल नई दिल्ली में वींडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि लोग दूसरों के लिए कार्य करना चाहते हैं और समाज के लिए कार्य करके उसमें अनुकूल बदलाव भी लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा टेक्नॉलोजी का फायदा बेहतरीन तरीके से उठा रहे हैं और इसका इस्तेमाल न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कर रहे हैं जो एक शानदार संकेत है

हमारे संवाददाता ने बताया कि राहल गांधी पहली बार सीकर में सभा को संबोधित करेंगे जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर ड्रडी और पार्टी के अन्य कई बडे नेता मौजूद रहेंगे इससे पहले कल झालावाड में आम सभा को संबोधित करते हए राहल गांधी ने राज्य सरकार पर प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ़त दवा योजना तथा मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया श्री गांधी ने राज्य सरकार को किसान और बेरोजगारों के खिलाफ बताया उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की स्थिति बदहाल है

झालावाड़ के बाद श्री गांधी ने झालरापाटन और मंडाना में भी जनसभाओं को सम्बोधित किया झालावाड़ से कोटा की सड़क यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर श्री गांधी का स्वागत किया गौरतलब है कि राहुल गांधी प्रदेश के दो दिन के दौरे पर आये हुए है

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राहल गांधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं

झालावाड से हमारे संवाददाता ने बताया कि चन्द्रभागा नदी में भी काफी संख्या में श्रद्धाल पहंचकर स्नान और पूजा अर्चना कर रहे हैं